प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस अभियान की शुरूआत की थी इन ग्राम सभाओं का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की स्थिति पर नजर रखना तथा भविष्य के लिए कार्ययोजना बनाना है

गन्ना किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वस्त किया है कि गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं को शीघ हल किया जाएगा श्री चौहान ने कल नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में डेढ़ सौ करोड़ से अधिक की राशि के विकास कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सरकार हर स्तर पर किसानों की समृद्धि के लिये काम कर रही है उन्होंने कहा कि जिले के गन्ना उत्पादक किसानों की मांगों का भी निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा श्री चौहान ने लोगों से आव्हान किया कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आये लोकसभाअध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भोपाल के दो दिवसीय दौरे पर है उन्होंने आज राजधानी के हबीबगंज नाके के पास आयोजित पर्यूषण पर्व में भाग लिया वे कल दोपहर तीन बजे मध्यप्रदेश दूरसंचार सर्किल की बैठक में भी हिस्सा लेंगी राहुल दौरा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहल गांधी कल एक दिन के प्रदेश दौरे पर भोपाल आएंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि श्री गांधी विशेष विमान से दोपहर साढ़े बारह बजे भोपाल पहुंचेगे करीब एक बजे लालघाटी से उनका रोड शो शुरू होगा राजधानी के विभिन्न मार्गो से होते हुए श्री गांधी शाम चार बजे भेल दशहरा मैदान पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेगें और शाम साढ़े छह बजे दिल्ली रवाना होंगे जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत राजगढ जिले में कई सभाओं को संबोधित करेंगे इस दौरान श्री चौहान नरसिंहपुर में सभा को संबोधित करने के बाद अब से कुछ देर बाद सारंगगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे वे बेरछा कालीसिंध देवला बिहार अकोदिया बोलाई पोयालकलां और बडोदिया में सभा को संबोधित करने के बाद शाजापुर में रात्रि विश्राम करेगें विरोध प्रदर्शन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में किये गये संशोधन के विरोध में आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किये गये उज्जैन में करणी सेना और उसके सहयोगी संगठनों ने महारैली कर विरोध प्रदर्शित किया इस दौरान लोगों ने नारे बाजी कर अधिनियम में किये गये संशोधन के प्रति अपना विरोध जताते हुए पुर्नविचार की मांग की वहीं शिवपुरी और सतना में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया

अकादमी के महानिदेशक पीकेदुबे ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके जीवन में कई अवसर आयेंगे जब उन्हें कमाण्डो आपरेशन की बारीकियों का इस्तेमाल करना होगा उन्होंने कहा कि हमें नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से मुकाबले के लिये मानसिक और शारीरिक साहस का परिचय देना होता है इसके लिये यह प्रतियोगिताएं काफी कारगर सिद्ध होती हैं

सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ